स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है

एक तरफ जहां भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ऐड़ी चोटी का जोर लगाया है आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महोबा में रोड शो किया रोड शो से पहले प्रियंका ने फतेहपुर में चुनावी सभा की उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र में जनता आवाज उठाती है तो वो सत्ता पक्ष के लिए अच्छा होता क्योंकि उससे उनको जनता की मांग का पता चलता है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के मुंगेर और समस्तीपुर में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया मुंगेर में जहां शाह ने कांग्रेस औरएनडीए शासन की तुलना की तो वहीं समस्तीपुर में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी घोषणाएं नहीं करती बल्कि संकल्प लेकर काम पूरे करती है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई और कानपुर में चुनावी रैलियां की अखिलेश ने यहां महा गठबंधन को महा मिलावट नहीं बल्कि गरीबों पिछड़ों और अब तक शोषित रहे लोगों का गठबंधन करार दिया कानपुर में अखिलेश ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो गंगा सफाई की दिशा में ठोस काम किए जाएंगे

स्लग रोहित शेखर हत्याकांड दिल्ली पुलिस ने रोहित शेखर तिवारी की हत्या के सिलसिले में उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अपूर्वा से तीन दिन तक पूछताछ की थी

क्रय केंद्रों पर गेहूं की तौल करा रहे किसानों का कहना है की पल्लेदारों और वारदाने की कमी के कारण तौल सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है वहीं सहकारिता विभाग के अधिकारी के मुताबिक बोरियों की कमी के कारण खरीद प्रभावित हो रही थी लेकिन अब पर्याप्त बोरियां केंद्रों को उपलब्ध करा दी गई है जिले में गेहूं क्रय केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि किसानों के भुगतान के लिए सरकार से जल्द धनराशि अवमुक्त हो जाएगी

यहां पहुंचने पर सभी प्रतिभागियों का प्रशासनिक अधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि प्रतियोगिता में तिरासी प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं जिनमें जर्मनी इन्डोनेशिया ईरान थाईलैड सिंगापुर और नेपाल के प्रतिभागी भी शामिल हैं उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों का दल गुरुवार को सुबह चिन्यालीसौड़ से मसूरी के लिये रवाना होगा

गौरतलब है कि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उदेश्य से यह आयोजन पर्यटन विभाग और साईकिल फेडरेशन ऑफ इन्डिया द्वारा किया जा रहा है

आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमता का होगा आज देहरादून स्थित डीएवी पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही श्री अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उनका सदुपयोग करते हुए प्रगति करनी है और आगे बढ़ना है उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल शासकीय सेवा में ही अपना भविष्य नहीं खोजना चाहिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार भी स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए

पिथौरागढ़ के कुछ जगहों पर बड़े बड़े ओले गिरे इससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है बागेश्वर में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई उधर चमोली जिले में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है

बाकी जगह मौसम शुष्क रहेगा

जिसे देखते हुए यात्रा की तैयारियां जोरों पर है

श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्रा की तैयारियों में जुटी है समिति के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह का कहना है कि समिति की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए कदम भी इस बार उठाए जा रहे हैं

केदारनाथ धाम में इस बार भारी बर्फबारी हुई है जिससे केदारनाथ पैदल मार्ग गढ़वाल मंडल विकास निगम के कॉटेज बिजली व्यवस्था पेयजल व्यवस्था पैदल मार्ग में शौचालयों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है रास्तों में ग्लेशियर टूट कर गिरे हैं पैदल रास्तों में श्रदालुओं की सुविधा के लिए बने शेड और कुर्सियों को भी नुकसान पहुंचा है रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारपुरी समेत सभी पड़ावों में इस बार हुई अधिक बर्फबारी से हुये नुकसान का जायजा लिया जिलाधिकारी ने इस बार अधिकारियों को पिछले साल से अधिक अस्थाई शौचालयों के निर्माण के आदेश दिये हैं

स्लग गाडु घडा नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में आज टिहरी राज परिवार के सदस्यों ने तिलों का तेल निकालने की परंपरा का निर्वहन किया तिल का यह तेल बद्रीनाथ धाम में जलने वाली अखंड ज्योति के लिए पहंचाया जाता है रानी माला राजलक्ष्मी शाह की अगुवाई में इस रस्म को पूरा किया गया तिलों का तेल बगैर मशीन का इस्तेमाल किए कोल्हू और हाथों से ही निकाला जाता है तेल निकालने के बाद इसे एक घड़े में डाला जाता है जिसे गाडू घड़ा कहा जाता है नरेंद्र नगर राजमहल से तिल का तेल लेकर आरंभ हुई गाडू घड़ा यात्रा रात्रि विश्राम ऋषिकेश में करने के पश्चात कल बदरीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी गढ़वाल के प्रमुख शहरों से होते हुए गाडू घड़ा यात्रा कपाट खुलने के दिन बदरीनाथ धाम पहुंचेगी स्लग यात्रा तैयारी चमोली उधर बदरीनाथ के साथ ही सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुण्ड साहिब की यात्रा को सुखद और सुगम बनाने को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले में यात्रा मार्ग को तीन सेक्टरों में विभाजित कर दिया है जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है उन्होंने बताया कि सभी तैनात सेक्टर अधिकारियों को चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं मिलेगा

इनकी दरों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्यटन विभाग ने होटल और ट्रैवल व्यवसायियों को रेट लिस्ट चस्पा करने के लिए निर्देश दिए हैं पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल का कहना है कि यात्रा में जाने वाले यात्रियों का बायोमीट्रिक पंजीकरण भी किया जाएगा